साथ ही तस्करी की शिकार हई बच्चियों को भी वापस लाया जायेगा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

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा है कि राज्य में एक महीने के भीतर दर्जनों खिलाडियों की नियुक्ति की जाएगी साथ ही तस्करी की शिकार हई बच्चियों को भी वापस लाया जायेगा मुख्यमंत्री आज दमका में एक संवाददाता सम्मलेन को सम्बोधित कर रहे थे

इसके अलावा एससी एसटी एक्ट में भी आवश्यक बदलाव किया जायेगा सम्मलेन में श्री सोरेन ने केंद्र सरकार पर भी कई आरोप लगाए उन्होंने कहा कि केंद्र ने भारतीय रिजर्व बैंक से झारखड के कोटे का पैसा दामोदर घाटी निगम को भुगतान करने के नाम पर निकाल लिया उन्होंने इसे असंवैधानिक बताया साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार के किसान बिल की भी आलोचना की और कहा कि इससे राज्य के किसान और परेशान होंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि किसान सूर्योदय योजना से किसानों के जीवन में खुशहाली आयेगी यह परियोजना शुरूआती तौर पर गुजरात राज्य के गिर सोमनाथ पाटन और दाहोद जिलों में लागू की जा रही है

यहां की सौर ऊर्जा अब दिन के समय खेतों में सिंचाई के लिए उपलब्ध कराई जायेगी वित्त मंत्रालय ने व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है

वित्त मंत्रालय ने आज यह जानकारी दी

इस महामारी से मरने वालों की दर एक दशमलव पांच एक प्रतिशत है यह विश्व में सबसे कम दर वाले देशों में से है

यह कार्यक्रम आज रात साढे नौ बजे से एफ एम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एम के सेन इस चर्चा में भाग लेंगे

राज्यभर में दुर्गा पूजा का त्योहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है कोरोना महामारी को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार विभिन्न पूजा पंडालों में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए पूजा अर्चना की जा रही है रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में आज बड़ी संख्या में भक्तों ने दूर से ही मां दूर्गा का दर्शन किया इधर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की जनता को दुर्गा पूजा की बधाई दी है अपने एक संदेश में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि मां दुर्गा समस्त राज्यवासियों को बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाली प्रदान करे वहीं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दुर्गा पूजा पर शुभकामनाएं दी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक संदेश में कहा कि यह पर्व भारतीय संस्कृति में नारी के सम्मान का प्रतीक है उन्होंने लोगों से मातृशक्ति के सम्मान और महिलाओं के सशक्तिकरण का दृढ संकल्प लेने का अनुरोध किया उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आशा व्यक्त की है कि मां दूर्गा देशवासियों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखेंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेश में प्रार्थना की है कि मां दुर्गा हम सभी को प्रसन्नता अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली प्रदान करें गुमला जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने आज विभिन्न पूजा पंडालों का निरीक्षण किया इस दौरान उपायुक्त ने जिला प्रशासन द्वारा जारी कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए उन्होंने पूजा समितियों से सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करते रहने की अपील की

इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा

इसका आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सुचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जायेगा हिन्दी में प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात आठ बजे फिर सुना जा सकता है

इस वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन नीति आयोग तथा पेंट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने किया है भारत के विश्व में तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में उभरन से इस आयोजन का महत्व बढ़ा है

लातेहार जिले के उपायुक्त अब्र इमरान ने युवाओं में आत्महत्या की प्रवृति रोकने के लिए उनसे ऑनलाइन बातचीत शुरू की है वीडियो ऐप जूम के जरिये उपायुक्त युवाओं से बातचीत कर रहे हैं

हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी घटना के बाद स्थानीय लोगों ने वाहन चालक को पकड़ लिया और पुलिस को इसकी सूचना दी पुलिस ने चालक को गिरफ्तार करते हुए वाहन जब्त कर लिया है ग्मला जिले के रायडीह थाना क्षेत्र में दो लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने आज पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिले के पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दन ने आज एक संवाददाता सम्मलेन में बताया कि सभी आरोपी चैनपुर थाना के नातापोल गांव के हैं इनकी गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुमला जिले को उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को कड़ी कार्रवाई करते हुए सूचित करने का आदेश भी दिया था रांची जयनगर पूजा स्पेशल ट्रेन की बुकिंग आज से शुरू हो गई है

इस ट्रेन को सुपरफास्ट बनाया गया है साथ ही इसके ठहराव को कम किया गया है रांची से खुलने वाली इस ट्रेन का पहला ठहराव धनबाद होगा इस ट्रेन में सफर के लिए यात्रियों को नियमित ट्रेनों की तुलना में अधिक किराया चुकाना होगा यह ट्रेन सिर्फ एक ही दिन चलेगी देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में छब्बीस अक्टूबर से एक दिन में पंद्रह सौ श्रद्वालुओं को दर्शन की अनुमति दी जाएगी

जिले के उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने आज बताया कि झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को भी अब मंदिर में प्रवेश की अनुमति मिलेगी इसके लिए उन्हें ई पास प्राप्त करना होगा